इससे पहले कल नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है उन्होंने कहा कि संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम चर्चा और बहस करना है बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि इस सत्र को पिछले सत्र जितना ही सफल बनाए श्री मोदी ने कहा कि संसद में रचनात्मक चर्चा नौकरशाही को भी सजग रखती है राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि विपक्षी दलों ने सांसद फारूख अब्दुल्ला की हिरासत के मुई को उठाया और मांग की कि उन्हें सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जाए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि विपक्ष ने मांग की कि सत्र के दौरान आर्थिक मंदी बेरोजगारी और कृषि संकट के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी कल राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक की श्री नायडू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे शीतकालीन सत्र को पिछले सत्र के समान ही सफल बनाएं उन्होंने कहा कि राज्यसभा के आज से शुरू हो रहे ऐतिहासिक दो सौ पचासवें सत्र को मनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में वे वाइस चांसलर के पद पर भी रहे है इससे पहले कल जस्टिस रंजन गोगाई भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए

पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की सेवानिवृत्ति के साथ ही न्यायाधीश आर भानूमति उच्चतम न्यायालय के शीर्ष पांच जजों में शामिल हो गई है राज्यपाल कलराज मिश्र से कल राजभवन में भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिम कमान के कमाण्डिग इन चीफ लेफ्लिनेन्ट जनरल आलोक कलेर ने मुलाकात की श्री मिश्र को कलेर ने राजस्थान में भारत पाकिस्तान अन्तरराष्ट्रीय सीमा और वहा किये गये सुरक्षा के प्रबन्धों के बारे में जानकारी दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अजमेर जिले के दौरे पर रहेंगे श्री गहलोत सुबह साढे दस बजे जयपुर से हैलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान करके अजमेर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री यहां जवाहर रंगमंच पर पंडित जवाहरलाल नेहरु जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित बाल अधिकार सप्ताह के तहत बाल संगम कार्यक्रम में भाग लेंगें इसके बाद वे स्थानीय आजाद पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगें और सभा स्थल से ही रिमोट कंट्रोल द्वारा पंचशील स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन तथा लोहागल ग्राम में राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय के नए भवन का लोकार्पण करेंगे जयपुर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है

इस अवसर पर निगम की ओर से कथक नृत्य का भी आयोजन किया जा रहा है

एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार भेजने का आग्रह किया है